रेलमंत्री ने कल कई ट्वीट में कहा कि इसके लिए ऑनलाइन ब्किंग जल्द श्रू होगी ये रेलगाडियां श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों के अतिरिक्त चलाई जायेंगी उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को और अधिक सहायता पहंचाने के लिए विशेष श्रमिक रेलगाडियों की संख्या दोगुनी करने की योजना हा रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में विशेष श्रमिक रेलगाडियों की संख्या बड़े पक्माने पर बढ़ायी जाएगी

उन्होंने कहा कि कामगारों से अन्रोध किया गया है कि वे अपने स्थानों पर ही रहें उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतीय रेलवे कामगारों को गंतव्य स्थलों तक पहंचाएगी

वहीं स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि फीवर क्लीनिक पर जाकर कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी ज्काम फ्लू आदि के लक्षण दिखाई देते हैं अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकेगा फीवर क्लीनिक में उसके स्वास्थ्य की जाँच कर लक्षणों के आधार पर उसे कोविड केयर सेंटर आदि में भेजा जा सकेगा आवश्यकता होने पर कोविड टेस्ट के लिए सक्कपल भी लिये जा सकेंगे कोरोना मरीजों की शासकीय एवं अनुबंधित अस्पतालों में निश्ल्क चिकित्सा पूर्ववत जारी रहेगी प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े पांच हजार से ज्यादा हो गई है हालांकि इनमें से करीब आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चके हैं

नरसिंहप्र जिले में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया हण हालांकि ज़िले के बगदरी गांव से संदिग्ध मरीजों को कल शाम जिला अस्पताल लाया गया है

दमोह कलेक्टर तरूण राठी ने बताया है

मास्क पहनना फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना कहीं भी भीड़ न होने देना आदि स्निश्चित किया जाए

श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार दवारा शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण और क्रियाशील पूँजी उपलब्ध करवाने की योजना में नगर निगम सीमा के पथ विक्रेताओं के साथ ही प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जाये

श्री चौहान कल मंत्रालय में मंत्रि परिषद के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत सरकार द्वारा घोषित पक्केज आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश संदर्भ में चर्चा कर रहे थे म्ख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के पक्केज के साथ ही राज्य स्तर पर विभागों की योजनाओं को इस तरह जमीन पर उतारा जाएगा जिससे निर्धन तबके को विशेष रूप से राहत मिले

बाकी सड़क मार्ग से लाए गए हैं

इस दौरान जिला प्रशासन दवारा भोजन स्वास्थ्य परीक्षण एवं उन्हें गंतव्य तक पहंचाने की समुचित व्यवस्था की श्रमिकों ने सराहना की

टिडडी दल मालवांचल के कुछ जिलों में टिड्डी दल के हमले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी हण मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया हण कि जिले में लाखों की तादाद वाले टिड्डियों के दल खेतों और पेड़ों पर हमला कर रहे हैं

सुबह होते ही टिड्डियों ने जिले की सीतामऊ और मल्हारगढ़ तहसीलों के ग्रामीण इलाकों में मूवमेंट श्रू हो गया प्रशासन ने गांव में डीजे बैंड बजवा कर टिड्डियों को भगाया तो किसानों ने अपने खेतों में थालिया बर्तन बजाकर इनसे निजात पाई

आगरमालवा में कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

वहीं विवेक सिंह जिले के नए प्लिस अधीक्षक होंगे